प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को उनके आवेदन के पंजीयन और प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में जानकारी देने कॉल सेंटर शुरू

इसके लिए कल सभी जनपद पंचायतों में सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और निर्वाचन के प्रकाशन की अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव के बाद कल ही नव निर्वाचित अध्यक्षों उपाध्यक्षों और सदस्यों को आगामी अट्ठारह फरवरी को जनपद पंचायत के होने वाले पहले सम्मलेन की सूचना दी जाएगी अजा जजा जनस्नवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की शिकायतों के निराकरण के लिए कल रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कैम्प सीटिंग और जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू सदस्य ज्योतिका कालरा डॉक्टर डीएम मूले और सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे

एनटीपीसी कॉन्फ्रेंस देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी कल से रायपुर में नौवें ओएंडएम इंडियन पावर सेक्शन आईपीएस सम्मेलन आयोजित करेगी दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन तेरह फरवरी उन्नीस सौ बयासी को सिंगरौली में एनटीपीसी की पहली इकाई के सिंक्रोनाइजेशन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है इस सम्मेलन में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम में श्री सिंह एनटीपीसी की सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट का विमोचन करने के साथ ही एनटीपीसी पावर स्टेशनों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान करेंगे इसके अलावा वे नवा रायपुर स्थित एनटीपीसी के नवनिर्मित विश्वेश्वरैय्या भवन का उद्घाटन भी करेंगे सम्मलेन की थीम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जनरेशन कास्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिन्युएबल्स है इस दो दिवसीय सम्मेलन में पावर प्लांट की सुरक्षा पर्यावरण प्रबंधन नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में तकनीकी प्रगति पर दिनभर के सत्र होंगे सम्मेलन में भारत सहित अमेरिका जर्मनी जापान आस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया और यूके के सात सौ पचास से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है खरीदी प्रतिबंध राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के बजट में प्रावधानिक राशि से आगामी अट्ठाईस फरवरी के बाद खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर सभी संभागीय आयुक्त विभागाध्यक्ष और सभी अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं निर्देश में कहा गया है कि विभागों की चालू परियोजनाओं छात्रावास आश्रम आंगनबाड़ी जेलों और अस्पतालों में प्रासंगिक व्यय पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा खरीदी पर प्रतिबंध के निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा मुख्यमंत्री अमेरिका प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका प्रवास के दौरान आज सेन फ्रांसिस्को में निवासरत् भारतीय विशेषकर छत्तीसगढ़ियों से मुलाकात की इस दौरान छत्तीसगढ़ के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई इस मौके पर टाई प्रेसिडेंट बीजे अरूण भारत में डेटा कंपनी की इन्वेस्टर राजू इंदुकुरी सहित कई इन्वेस्टर उपस्थित थे अपर मुख्य सचिव परिचर्चा अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू अमेरिका के हावर्ड यूनिवर्सिटी में आगामी पंद्रह और सोलह फरवरी को आयोजित वार्षिक भारत सम्मेलन में भारत में आर्थिक परिवर्तन सभी के लिए विषय पर परिचर्चा में भाग लेंगे श्री साहू लगातार दूसरे साल इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं पिछले वर्ष वे इसी आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में विधानसभा चुनाव दो हजार अट्ठारह के अनुभव साझा किए थे अपराध विवेचना इकाई प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए छह जिलों में अपराधों की विवेचना के लिए विशेष इकाई संचालित की जा रही है यह इकाई रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव जांजगीर चांपा और रायगढ जिले में संचालित हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि अपराध विवेचना इकाई के साथ ही प्रदेश के तीन सौ सत्तर थानों में महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है इसके अलावा सभी जिलों में महिलाओं के पारंपरिक विवाद के निराकरण के लिए परिवार परामर्श केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिला पुलिस वालेंटियर योजना के तहत दुर्ग और कोरिया जिले में साढ़े चार हजार से अधिक महिला पुलिस वालेंटियर बनाए गए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देशभर में शुरू हो गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कल से बालोद जिले के गुंडरदेही में मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा यह प्रदर्शनी पंद्रह फरवरी तक चलेगी प्रदर्शनी का उद्घाटन गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद करेंगे इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर और उपाध्यक्ष गौकरण सोनकर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का सहयोगी राज्य गुजरात है इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की चित्रमय झांकी स्वच्छता अभियान और गुजरात की कला संस्कृति पर्यटन स्थल आदि के संबंध में चित्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरवीआरएस के तहत किसानों को उनके आवेदन के पंजीयन और प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर शुरू किया गया है लाभार्थी किसान अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार नंबर से टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच पांच दो छह और एक पांच पांच दो छह एक पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा आरवीआरएस के तहत सूचना के आदान प्रदान के लिए स्वचालित टेलीफोन के आधार पर कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की गई है सीआरपीएफ डीजी घायल जवान मुलाकात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रसाद माहेश्वरी ने आज रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री माहेश्वरी ने कहा कि सीआरपीएफ एक बहादुर बल है उसके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी उससे निपटने के लिए वे हमेशा तैयार हैं माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि जवानों के हौसले ब्रलंद हैं उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा गौरतलब है कि दो दिन पहले बीजापुर के पामेड़ इलाके में माओवादी मुठभेड़ में छह जवान घायल हो गए थे जिनका इलाज राजधानी के दो निजी अस्पतालों में चल रहा है देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अंतिम संस्कार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माता और अंबिकापुर के पूर्व राजपरिवार की राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव का आज अंबिकापुर स्थित रानीतालाब मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

इस मौके पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ मत्रिमंडल के सभी सदस्य विधायक और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे गौरतलब है कि श्रीमती सिंहदेव का बीते दस फरवरी की रात नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था उनके शरीर को कल विशेष विमान से अंबिकापुर लाया गया जहां सरगुजा पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था

इस मौके पर राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ द्वारा कल सुबह सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा इस मौके पर रेडियो सिलोन के पूर्व उद्घोषक मनोहर महाजन रिपुसुदन एलावादी और आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के सहायक निदेशक एलएल भौर्य विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे वहीं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा शाम छह बजे से वृंदावन हॉल में ही संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है